दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र ना भूलने का आह्वान

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं

आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली मई से देश में अड्डारह वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केन्द्र सरकार के निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें उन्होंने लोगों से आग्रह किया वैक्सीन लें सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए

दवाई भी कड़ाई भी इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति से जुटी हुई है और राज्य सरकारें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही हैं कोविड महामारी पर केन्द्रित मन की बात की इस कड़ी में श्री मोदी ने कोरोना योद्वाओं से बातचीत की प्रधानमंत्री से बातचीत में मुंबई के डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है और कोविड की यह लहर भी गुजर जाएगी डॉक्टर जोशी ने कहा कि रेमडेसिविर दवा की सीमित भूमिका है और इसे केवल तभी लेना चाहिए जब मरीज अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हो श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के डॉक्टर नवीद नजीर शाह से बातचीत की डॉक्टर शाह ने सलाह दी कि इस समय घबराने की कोई जरूरत नहीं है और लोगों को मास्क पहनना हाथ धोना और सुरक्षित दूरी का पालन करना चाहिए और सामाजिक समारोह से बचना चाहिए

श्री मोदी ने कहा कि एम्बुलेंस चालक अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने देशभर के एम्बुलेंस चालकों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता रात दिन लोगों की सेवा में जुटे हैं

कोई क्वारनटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुँचा रहा है कोई सब्जियाँ दूध फल आदि पहुँचा रहा है

देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयं सेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना से लडाई कर रहा है उन्होंने कहा कि इस बार गांवों में भी नई जागरूकता दिखाई दे रही है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है गांव के लोग भी ख़ुद को कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं श्री मोदी ने आज भगवान महावीर की जयंती पर लोगों को बधाई दी प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न त्योहार हमें अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देते हैं

मैं सभी देशवासियों को श्भकामनायें देता हूँ भगवान महावीर के सन्देश हमें तप और आत्म संयम की प्रेरणा देते हैं अभी रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है

ये सभी हमें प्रेरणा देते हैं अपने कर्तव्यों को निभाने की आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स फंड ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्दर पांच सौ इक्यावन संयंत्र लगाने के लिए धन के आवंटन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है इन संयंत्रों में ऑक्सीजन बनायी जायेगी बिहार में पन्द्रह जिलों में पीएम केयर्स के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाये जायेंगे इन जिलों में पटना दरभंगा बेगूसराय भागलपुर भोजपुर गया गोपालगंज कटिहार मधुबनी मुजफ्फरपुर नालंदा पूर्णिया सहरसा पश्चिम चंपारण और वैशाली शामिल हैं प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि यह संयंत्र जल्द से जल्द चालू हो जानी चाहिए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के सौ दिन के अंदर ही भारत ने चौदह करोड़ लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में पच्चीस लाख छत्तीस हजार से अधिक टीके लगाए गये भारत रिकॉर्ड समय में सबसे तेज गति से चौदह करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला पहला देश बन गया है

पिछले चौबीस घंटे के दौरान लगभग तीन लाख उनचास हजार लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इस दौरान दो लाख सत्रह हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस समय छब्बीस लाख बयासी हजार से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है राज्य में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिये हैं अस्पतालों में दवाओं और आक्सीजन की आपूर्ति सामान्य बनाने के लिए सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को विशेष निर्देश दिये गये हैं इधर अस्पतालों में रेमडेसिविर दवा की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद से दवा मंगाने का आदेश जारी किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष विमान भेजकर अहमदाबाद से चौदह हजार रेमडेसिविर दवा शीघ्र लाने का आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिया है इससे अस्पतालों में रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति सामान्य बनाने में मदद मिलेगी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है हालांकि पिछले दिनों की तुलना में कोविड के मामलों में मामूली कमी दर्ज की गई है पिछले चौबीस घंटों में बारह हजार तीन सौ उनसठ नये संक्रमितों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक पटना में दो हजार चार सौ उनासी मामले मिले हैं गया से सात सौ पैंतालीस भागलपुर से छह सौ पंचानवे औरंगाबाद से छह सौ छिहत्तर सारण से पांच सौ बीस और बेगूसराय से पांच सौ नौ मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में छह हजार सात सौ इकतालीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है अब तक तीन लाख छह हजार सात सौ से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या इक्यासी हजार नौ सौ साठ है राज्य में अब तक पैंसठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ बयासी लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान उनहत्तर हजार तीन सौ इकहत्तर लोगों को टीका लगाया गया है इनमें सैंतालीस हजार एक सौ नौ लोगों को पहली डोज जबकि बाईस हजार दो सौ बासठ लोगों को द्रसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक चौदह करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड संक्रमित पाए गए हर व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है यह भी कहा गया है कि लक्षण रहित या हल्के लक्षणों वाले रोगियों को घर पर ही रखा जा सकता है सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड संक्रमण के बारे में भ्रमित न हों वहीं सरकार ने लोगों से कोविड संक्रमण के फैलाव घरेलू इलाज या ऑक्सीजन की कमी के बारे में गलत सूचना साझा नहीं करने की अपील की है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविड उन्नीस के बारे में सही सूचना के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कंकड़बाग स्थित मेदान्ता अस्पताल जल्द ही कोविड डेडीकेटेड अस्पताल के रूप में अपनी सेवाएं देना प्रारम्भ कर देगा श्री प्रसाद ने बताया कि इसके लिए उन्होंने मेदान्ता ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्रेहान से आग्रह किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल में सेना के छह डॉक्टर पहुँच गए हैं जिससे कोविड इलाज में सुविधा हुई है उन्होंने कहा कि अस्पताल में डाक्टरों की संख्या जल्द ही और बढ़ाई जाएगी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर से भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने समस्तीपुर जिले मे कोरोना महामारी से बचाव के लिए सांसद विकास निधि से दो करोड़ रूपये की अनुशंसा की है इस निधि से जिले मे दो आक्सीजन गैस प्लांट की स्थापना चार वेन्टीलेटर मशीन और चार पोर्टेबल एक्सरे मशीन की खरीद होगी श्री राय ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को कोरोना महामारी से बचाना है उपमुख्यमंत्री रेणू देवी ने कहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत होगी जिससे पष्चिम चंपारण जिले के मरीजों को मदद मिलेगी उपमुख्यमंत्री आज बेतिया में जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान का जायजा ले रही थीं भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मणिकांत ठाक्र का दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में देर रात निधन हो गया वे संतावन वर्ष के थे कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था सहरसा जिला निवासी मणिकांत ठाक्र ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और द्रदर्शन समाचार सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाईयों में काम किया हाल में उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मुख्य मीडिया अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था सशस्त्र सीमा बल के पूर्व डीजी और बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी अरुण चौधरी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरुण चौधरी के निधन पर शोक और गहरी संवेदना व्यक्त की मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नीस सौ सतहत्तर बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण चौधरी एक कुशल प्रशासक थे उनके निधन से प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है चौबीसवें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है नालंदा जिले के पावापुरी में कोरोना महामारी के कारण सभी सरकारी आयोजन रद्द कर दिये गये हैं वहीं कुंडलपुर में भगवान महावीर की जयंती सादगीपूर्ण ढंग से मनाई जा रही है जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को भगवान महावीर जयंती की शुभकामना दी है